मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया संजीवनी क्लीनिक का शुभारम्भ

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर सभी जिलों में सैनिकों की शहादत को किया गया याद हमारी विशेष श्रंखला मध्यप्रदेश में महात्मा में आज सुनिए बापू के होशंगाबाद प्रवास के संस्मरण स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें साथ लेकर चलने की जरूरत है वे आज इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में रोटरी इंस्टिट्यूट इंदौर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहीं थीं श्रीमती ईरानी ने कहा कि समाज में बदलाव के लिए शुरुआत परिवार से ही करनी होगी माता पिता को अपने बच्चों को बेहतर जीवन जीने की कला सिखानी होगी श्रीमती ईरानी ने आगे कहा कि अश्लील साइट सीरियलों और फिल्मों पर रोक लगाने के बजाय अब माता पिता को यह सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को इन चीजों से कैसे दूर रखें इस कार्यक्रम में नेपाल श्रीलंका अमेरिका और बांग्लादेश सहित अनेक देशों से आये सदस्य शामिल हुए इसके बाद श्रीमती ईरानी ने देवास जिले के नेमावर में हथकरघा बुनाई केन्द्र का निरीक्षण किया यहां उन्होंने जैन धर्म गुरू आचार्य विद्या सागर महाराज के भी दर्शन किये इस दौरान श्रीमती ईरानी ने कहा कि विद्या सागर जी ने अहिंसा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के विचारों से विश्व को नई दिशा और नव चेतना दी है संजीवनी क्लिनिक ष्भारंभ स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को विस्तार देने के लिए प्रदेष में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर संजीवनी क्लिनिक की षुरुआत की जा रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ देर पहले इंदौर जिले के निपानिया गांव में संजीवनी क्लीनिक की शुरूआत की यह क्लीनिक ऐसी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जिनकी स्वास्थ्य संस्थाओं से दूरी अधिक है

ई सवारी योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज इंदौर में ई सवारी योजना का शुभारंभ किया

अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित इन ई रिक्शा में यात्रियों की सुविधा के लिये मुफ्त वाय फाय रेडियो एफएम डिजिटल पेमेंट ईटीएम मशीन द्वारा टिकटिंग जीपीएस ट्रैकिंग मोबाइल चार्जिंग सुविधा भी है खास बात यह है कि इन्हें महिला चालक ही चलाएंगी ई रिक्शा की मॉनिटरिंग एआईसीटीएसएल के कंट्रोल सेंटर द्वारा होगी ई रिक्शा चालक महिलाओं की सुविधा के लिए रूट्स के सुपरवाइजर उपलब्ध रहेंगे

कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह खेल मंत्री जीतू पटवारी स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे

इसके तहत इंदौर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जीएसटी के नये रिटर्न की विस्तृत जानकारी और उसे भरने का तरीका समझाया गया कार्यशाला में जीएसटी भरने में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जीएसटी के वॉइस प्रसिडेंट जगपाल सिंह और सीए सुनील जैन के साथ ही बड़ी संख्या में करदाता व्यापारी और चार्टर्ड अकाउण्टेंट शामिल हुए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

देश के मान सम्मान की रक्षा करने वाले शहीदों और सैनिकों के सम्मान में हर वर्ष सात दिसम्बर को यह दिवस मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों से सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए योगदान करने का अनुरोध किया

इस दौरान श्री टंडन ने सैनिक कल्याण कोष के लिये सहयोग राशि प्रदान की झण्डा दिवस पर मुख्य सचिव एसआर मोहंति सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी झण्डा निधि के लिये राशि प्रदान की सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का आयोजन भोपाल जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय में भी किया गया जहां सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों एवं आम नागरिकों को बोर्ड के सदस्यों ने प्रतीक ध्वज लगाया और दान राशि प्राप्त की बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर जिला पंचायत के सभा कक्ष में कार्यकम आयोजित किया गया जिसमें पूर्व सैनिक और उनके परिजन शामिल हुए सीहोर रतलाम खंडवा देवास उमरिया रायसेन नीमच कटनी गुना और झाबुआ सहित विभिन्न जिलो में सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गये

जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक जीएलसाहू ने बताया कि इस पेंटिंग प्रतियोगिता को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास कर रहे है

आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने आज बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी राज्यों के एकलव्य विद्यालयों के खिलाड़ी भाग लेंगे